मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है सुरक्षित वातावरण के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग यहां निवेश करना चाहते हैं मुख्यमंत्री आज विधान परिषद में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को ठीक करने तथा पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिये नये थाने और चौकियों की स्थापना की गई है

आज कोई किसी से चौथ वसूली नहीं कर सकता है

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव नौकरियों में भर्ती की गई है

प्रदेश की ऊर्जा का उपयोग प्रदेश के लिये हम लोग लगायेंगे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी इस उत्तर प्रदेश के नौजवान के हितों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे ओर इसके लिये अब तक चार लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम लोगों ने प्रदेश को अन्दर दी है निजी क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया है व्यापक पैमाने पर कराया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य किया गया जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में कृषि स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बावजूद श्रमिक गरीब किसान महिला युवा सहित सभी वर्गो का ध्यान रखा मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये इस संबंध में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण अभियान भारत सरकार की गाइड लाइन और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिये

यह सुनिश्चित किया जाये कि हर दशा में लोग मास्क या फेसकवर का उपयोग करे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते रहे दिल्ली सरकार ने आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा न लेने का फैसला लिया है दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों के आकलन के बारे में दिशा निदेश जारी किए हैं नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार तीसरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी विद्यार्थियों का आकलन वर्कशीट और गृहकार्य के आधार पर किया जाएगा नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों का आकलन शीतकालीन अवकाश के दौरान दिए गए गृहकार्य के आधार पर होगा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

प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केन्द्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की दूसरी खुराक दी गई इसके अलावा छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कस को आखिरी मौका देते हुए वैक्सीन की पहली खुराक दी गई उन्होंने बताया कि जो कर्मी टीकाकरण से छूट गये हैं वे पास के टीकाकरण केन्द्र में सम्पर्क कर सकते हैं केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों स निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं बाइट आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है आई एक्सप्लेन दू यू बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा इसमें आज हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलेंट्री वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा

द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हेव अ प्रोविजन फॉर वॉलेंट्री वेरीफिकेशन मैकेनिजम क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं बाकी से करते हैं आपको बताना पड़ेगा दो बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफ़ुली इनफोरमेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है अगेन इट इज अ कोर्ट ऑर्डर ऑर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्स्म दैट तो आपके लॉ एंड ऑर्डर इंटीग्रेटी ऑफ इंडिया सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की

न्यूज पोर्टल्स बन गए वैसे ही ओटीपी प्लेटफॉर्म आ गया लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रीटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है लेकिन ओटीपी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्ले यिंग फील्ड होना चाहिए और इसलिए डिजिटल हो प्रिटिंग हो टीवी हो ओटीटी हो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है